केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल की मौजूदगी में राज्यपाल लालजी टंडन इसका उद्घाटन करेंगे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन में गायक सुरेश वाडकर पंडित विश्वमोहन भट्ट जयप्र के साबरी ब्रदर्स जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार शोभना नारायण रूपकुमार और सोनाली राठौर जैसे कलाकार प्रस्तुतियां देंगे

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों और शिल्पकारों सहित देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा

श्री नाथ ने यह विचार एकता परिषद के संस्थापक गांधीवादी नेता राजगोपाल पीवी के नेतत्व में प्रदेश में गांधीवादी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा के संदर्भ में कही उन्होंने कहा कि गांधीजी के सर्वधर्म समभाव सदभावना एकता अहिंसा एवं स्वराज की उनकी अवधारणा आज के संदर्भ में अधिक उपयोगी है

पदयात्रा के मुरैना ग्वालियर शिवप्री सागर अशोकनगर ग्रना विदिशा सीहोर रायसेन भोपाल हरदा होशंगाबाद नरसिंहपुर बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी और बालाघाट जिलों से गुजरेगी

आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि जांच दल के सदस्यों ने सुबह राजापूर गांव के किसानों की उड़द मूंगफली तिल्ली की फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन भी मौजूद थे

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है खबरों के अनुसार ये खिलाड़ी ध्यानचंद ट्रॉफी में हिस्सा लेने इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे

दुर्घटना में मारे गये चारों खिलाड़ी शाहनवाज़ खान आशीष लाल अनिकेत और आदर्श हरदुआ भोपाल की मध्य प्रदेश अकादमी से थे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुर्घटना में खिलाड़ियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराया जाए और प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद भी की जाए

समापन प्रतियोगिता में ग्वालियर का दबदवा बरकरार रहा

समापन मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्मन सिंह तोमर ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए

मौसम केन्द्र ने भी इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है अब राज्य के अधिकांश जिलो में दिन में तेज धूप खिल रही है वहीं सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में बढ़ौतरी हो रही है वहीं हवाओं का रूख उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी होने से रात के तापमान में गिरावट होने लगी है तापमान के इस उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियों की भी शुरूआत हो गई है हवाओं का रूख स्थाई हो जाने के बाद इस महीने के आखिर तक तेज सर्दी पड़ने के आसार हैं

जबलपुर में आयोजित किया जा रहा दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव कल सम्पन्न हो गया